सम्मेलन जलवायू परिर्वतन से हिमालयी राज्यों के लोगों की आजीविका पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों व इनके समाधान पर शिमला में आयोजित सम्मेलन में हिमालयी राज्यों के मुख्यमंत्रियों कृषि मंत्रियों सांसदों वैज्ञानिकों और वरिष्ठ अधिकारियों ने मंथन किया सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू भी शामिल हुए

सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने हिमालयी राज्यों के मामलों को सुलझाने के लिए अलग मंत्रालय बनाने की वकालत की उन्होंने कहा कि हिमालयी क्षेत्रों के मामले व चुनौतियां मैदानी क्षेत्रों से पूरी तरह भिन्न है आचार्य देववत ने कहा कि पहली बार इस गंभीर वषिय पर चिंतन और समाधान की दिशा में प्रयास किए जा रहे है जिसके लिए केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह बधाई के पात्र हैं राज्यपाल ने विभिन्न विभागों व संस्थानों द्वारा रासायनिक खेती को बढ़ावा देने पर चिंता जताई इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि सड़क सुविधा की कमी शहरीकरण और गांव में कम सुविधाओं के कारण ही हिमालयी राज्यों में प्लायन की समस्या बड़ रही है उन्होंने इस समस्या के निवारण के लिए ग्रामीण स्तर पर रोजगार के साधन सृजित करने और किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम दिलाने जैसे प्रयासों पर बल दिया इससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू सहित अतिविशिष्ठ व्यक्तियों को शॉल व टोपी देकर समानित किया

राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राजभवन में आयोजित एक सादे मगर गरिमापूर्ण समारोह में उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अलावा विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल मंत्रिमण्डल के सदस्य हरियाणा के शिक्षा मंत्री राम विलास शर्मा विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिकारियों सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति समारोह का गवाह बने इस मौके पर न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि गरीबों को न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता रहेगी

सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने पर्वतीय राज्यों की कृषि बागवानी और विकास संबंधी जरूरतों के मुताबिक नीति निर्धारण पर बल दिया है सोलन में तीन दिवसीय सतत पर्वतीय विकास सम्मेलन के समापन अवसर पर उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि व बागवानी कार्यों के लिए मैदानी इलाकों की तुलना में वातावरण अलग रहता है और पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के मापदंड भी हमेशा अलग होते हैं राजीव सैजल ने कहा कि विकास के साथ साथ पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक पर्यावरणीय और जलवायूगत बदलाव हुए हैं जिनका सबसे अधिक प्रभाव कृषि व बागवानी पर पड़ा है उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों को इस दिशा में गहन मंथन करने की जरूरत बताई सहकारिता मंत्री ने कहा कि भारतीय परिस्थितियों के अनुसार नीति निर्धारण कर उसे क्षेत्रीय स्तर तक पहुंचाना जरूरी है ताकि किसान व बागवान लाभान्वित हो सकें इस मौके देश के विभिन्न पर्वतीय राज्यों के कृषि वैज्ञानिक और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे

किशन कपूर खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने धर्मशाला स्थित राज्य युद्ध संग्रहालय के लिए सैन्य साजो सामान लेने की प्रकिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं वे आज धर्मशाला में संग्रहालय के संचालन की दिशा में प्रगति और इसे विश्व स्तर का बनाने के लिए आवश्यक कदमों को लेकर आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे

कपूर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने युद्ध संग्रहाल्य के लिए एक करोड़ रूपए की धनराशि जारी की है उन्होंने संग्रहाल्य के संचालन के लिए पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाने की प्रतिबद्धता दोहराई

ये कार्यकम महाविद्यालय के सरदार शोभा सिंह सभागार में आयोजित किया जाएगा राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन व महाविद्यालय प्रबंधन ने तैयारियां शुरू कर दी है इस संबंध में उपायुक्त संदीप कुमार ने पूलिस अधीक्षक संतोष पटियाल और महाविद्यालय प्रबंधन के साथ आज एक बैठक कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की मारकंडा किसानों को टमाटर के बेहतर दाम देने के लिए करीब तीन करोड़ रूपए की लागत से सोलन में टमाटर प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किया जाएगा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कल शाम सोलन सब्जी मंडी का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि उद्योग स्थापित करने को लेकर डीपीआर तैयार है और वर्ल्ड बैंक से धनराशि मिलने के बाद तुरंत कार्य शुरू कर दिया जाएगा

गोबिंद ठाकुर वन मंत्री गोबिंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि शिमला शहर में लोगों को बंदरों से छुटकारा मिलेगा एक प्रैस बयान में उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने शिमला शहर सहित अन्य सभी स्थानों में जंगली जानवरों और बंदरों के उत्पात से निजात दिलाने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है उन्होंने कहा है कि मौजूदा समय में वन्य प्राणी विभाग के तीन दल बंदर पकड़ने का कार्य कर रहे हैं और अभी तक करीब ढाई सौ बंदरों को नसबंदी केंद्रों तक पहुंचाया है गोबिंद ठाकुर ने कहा कि शिमला व आसपास के क्षेत्रों में एक बंदर अभयरण्य स्थापित करने का सरकार प्रयास कर रही है ताकि बंदरों को यहां पुर्नवासित किया जा सके इस बीच उन्होंने आज कुल्लू में जनसमस्याएं सुनीं और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए बिंदल महिला कैदियों के अधिकारों पर शिमला के समीप नालदेहरा में आयोजित दो दिवसीय सम्मेल आज सम्पन्न हुआ विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि कारागार में महिला अपराधियों को प्रूषों की अपेक्षा विशेष सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है उन्होंने कहा कि जेल में सजा पाने वाले सभी अपराधियों को एक ही श्रेणी में रखना तर्कसंगत नहीं है बिंदल ने कहा कि जेल विभाग और स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा अपराधियों को सुधारने व उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने रेणुका निर्वाचन क्षेत्र के सेरतंदुला गांव में कल एक जनसभा में ये विचार व्यक्त किए उन्होंने कहा कि बच्चों को नशे के दुष्प्रभाव बारे जागरूक करने के लिए अध्यापकों व अभिभावकों को अहम भूमिका निभानी चाहिए ताकि वे नशे का शिकार न बन सके शिक्षा मंत्री ने वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सेर तंदुला में नवनिर्भित चार कमरों का लोकार्पण किया और पाठशाला में परीक्षा हाल बनाने के लिए विभाग को प्राक्कलन तैयार करने के निर्देश दिए अनुराग ठाकुर लोकसभा में मुख्य सचेतक और सांसद अनुराग ठाकुर जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं दो अक्तूबर को शुरू हुआ ये सम्मेलन सात अक्तूबर तक चलेगा अनुराग ठाकुर पिछले चार सालों से डब्ल्यूटीओ जैसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सम्मेलन में उन्होंने विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों से समय के अनुसार काम करने और बहुपक्षीय सुधार के लिए सामूहिक जिम्मेदारी लेने का आग्रह किया अनुराग ठाकुर ने इस दौरान गरीब किसानों की स्थिति में सुधार खाद्य भण्डारण के स्थाई समाधान के नए तरीकों और कई सामाजिक विकास के कार्यक्रमों पर चर्चा की उन्होंने डब्ल्यूटीओ प्रकिया को मजबूत करने के लिए प्रत्येक हितधारक को शामिल करने की जरूरत बताई

केंद्र के कार्यक्रम निष्पादक हीरचंद नेगी ने बताया कि सम्मेलन में जानेमाने कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे उन्होंने बताया कि संगीत की विविध विधाओं के प्रचार प्रसार संरक्षण और संवर्धन में आकाशवाणी की अहम भूमिका रही है

समिति के अध्यक्ष विधायक राकेश पठानिया के नेतृत्व में सभिति के सदस्यों ने इस दौरान जिले में चल रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कीं समिति ने केंद्र द्वारा जनकल्याण के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने का अधिकारियों से आह्वान किया इसके अलावा नशे को खत्म करने के लिए अभियान छेड़ने और इसके लिए एक ब्लू प्रिंट तैयार करने के पुलिस विभाग को निर्देश दिए धुमल राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत सुजानपुर विधानसभा के बीड़ बगेहड़ा की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में सात दिवसीय एनएसएस शिविर लगाया गया समापन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शिविर में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को समानित किया इस मौके उन्होंने कहा कि ऐसे शिविरों के माध्यम से बच्चों में देश सेवा की भावना उत्पन्न होती है